भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के तत्कालिक उप निदेशक कुलदीप यादव के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति का मामला दर्ज किया है टीम ने यादव के जयपुर और भरतपुर स्थित आवासों की तलाशी ली जिसमें लगभग सवा तीन करोड़ रूपये की चल अचल सम्पत्ति जब्त की है

आरोपी वर्तमान में श्रम विभाग में कार्यरत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

राज्य सरकार ने कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में अस्पताल के अधीक्षक डॉ एच एल मीना को पद से हटाने के आदेश जारी कर दिये है उनके स्थान पर अब डॉ सुरेश दुलारा नये अधीक्षक होंगे

गहलोत ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि टिड्डी नियंत्रण के लिए भारत सरकार पाकिस्तान सहित अन्य पड़ौसी देशों से समन्वय स्थापित करे उन्होंने आग्रह किया है कि पड़ौसी देशों के संबंधित संगठनों को टिड्डी नियंत्रण के कारगर प्रयास करने के लिए कहा जाए ताकि इनकी उत्पत्ति पर अंकुश लगे और उद्गम स्थल पर ही टिड्डी दलों को रोकना संभव हो सके प्रदेश में कड़ाके की ठंड से जनजीवन ब्री तरह प्रभावित हो रहा है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

चूरू तथा सीकर में भी न्यूनतम तापमान जमाव बिन्दु से नीचे दर्ज किया गया हाड कपकपा देने वाली सर्दी से जनजीवन पूरी तरह अस्तव्यस्त हो रहा है सड़क यातायात के साथ रेलों के आने जाने पर भी असर पड़ा है कई जगह हल्की बर्फ जमने से फसलों में नुकसान की आशंका है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश वासियों को अभी तेज ठंड से राहत नहीं मिल सकेगी

साथ ही मौसम विभाग ने चूरू श्रीगंगानगर हनुमानगढ बीकानेर तथा नागौर के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की संभावना व्यक्त की है